प्रधानमंत्री अपने संबोधन में गरीबी हटाने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल तथा आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों की चर्चा कर सकते हैं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकज्ट कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब भारत विश्व स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैय्यद अकबरूद्दीन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व ठोस और प्रभावी परिणामों के रूप में सामने आएगा प्रधानमंत्रो की यात्रा से पहले विदेश सचिव विजय गोखले ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में विकास और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मूद्दों का उल्लेख करेंगे

दोनों नेताआ ने आपसी संबंधों तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता क लिए कूटनीति संवाद और विश्वास बहाली की भारत की प्राथमिकता दोहराई दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संचालन पर विशेष रूप से बातचीत की

प्रधानमंत्री मोदी ने कल साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरीयाकोस मित्सो ताकीस के साथ बैठक की भारत ब्राजील जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता की मजबूत दावेदारी की है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नकदी कोई समस्या नहीं है उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके पास अधिक नकदी पहुंच रही है वे कल नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कर रही थीं श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लघु वित्तीय इकाईयों ने बताया है कि वहां अब भी कर्ज की मांग है और उन्हें उपलब्ध भी कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक उपलब्धि है

उन्होंने कहा कि इस अभियान का पहला चरण दो सौ पचास जिलों में तीन अक्तूबर से सात अक्तूबर तक चलाया जाएगा

एक टवीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यसभा की एक एक सीट के उप चुनाव की घोषणा कर दी

ये दोनों सीट उत्तर प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली और बिहार से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन के कारण खाली हुई थीं

हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार युवराज सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के मनोज प्रजापति को सत्रह हजार सात सौ इकहत्तर मतों से पराजित किया है बसपा तीसरे और कांग्रेस उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे

हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर उप चुनाव भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अयोग्य ठहराये जाने के बाद कराया गया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी की जीत पर बधाई देते हुए क्षेत्र के मतदाताओं का भाजपा पर विश्वास बनाये रखने के लिये आभार प्रकट किया है प्रदेश के कई जनपदों में पिछले दो दिनों स लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान वर्षा जनित हादसों में बीस लोगों की मृत्यु होने के समाचार है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट राज्य को बारिश से कोई राहत नहीं मिली है और पानी भरने तथा ट्रैफिक जाम की वजह से सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई इलाकों में बीते चौबीस घंटों से लगातार बारिश हो रही है कई जगहों पर स्कूलों को बारिश की वजह से रविवार तक के लिये बन्द कर दिया गया है प्रदेश के तमाम शहरों में भारी बारिश के चलते सड़कों और गलियों में पानी भर जाने से जिली की आपूर्ति बाधित होने सड़कों के धंसने और पेड़ों के गिरने की खबरे आ रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने और जल भराव की समस्या को तेजी से खत्म करने के निर्देश दिये हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का सिलसिला कल तक और जारी रहेगा उन्होंने परसों से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की है

परसो से पूरे प्रदेश में कम हो जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवष्टि से मरने वालों के आश्रितों को चार लाख रूपये दिये जाने के निर्देश दिये है अतिवृष्टि से चन्दौली में तीन अमेठी और भदोही में दो तथा अयोध्या और वाराणसी में एक एक व्यक्ति सहित बीस लोगों की मृत्यु हो गई है मुख्यमंत्री ने घायलों के लिये समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश में कुछ स्थानों पर पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के भी लिये कहा है मुख्यमंत्री ने बाढ़ और अतिवृष्टि के मद्देनजर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से पूरी तत्परता से राहत कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामले में आज लखनऊ में विशेष सीबीआई की अदालत में पेश हुए अदालत ने कल्याण सिंह को दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है इससे पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को अदालत में पेश होने के लिये आदेश जारी किया था उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है गौरतलब है कि छह दिसम्बर उन्नीस सौ बानवे में जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इस मामले में कल्याण सिंह के अलावा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी आरोपी है आकाशवाणी लखनऊ में आज हिन्दी पखवाड़े का समापन हो गया

कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को प्रस्कृत किया गया कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में विश्व भूषण मिश्र तथा विशिष्ट अतिथि पृथ्वीराज चौहान ने संबोधित किया सिद्धार्थनाथ सिंह प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उद्यमियों से बाजार के अनुरूप गुणवत्तापरक उत्पादन करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में मार्केटिंग के साथ उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जानी चाहिये वह कल लखनऊ में रीजनल क्वालिटी कान्क्लेव में बोल रहे थे